वन विभाग प्रदेश में गर्मी तेज होने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं टिहरी चमोली नैनीताल रूद्रप्रयाग उत्तरकाशी हरिद्वार समेत कई जगह जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं प्रदेश में गर्मी तेज होने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं टिहरी चमोली नैनीताल रूद्रप्रयाग उत्तरकाशी हरिद्वार समेत कई जगह जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं

मुख्य वन संरक्षक पीके सिंह के अनुसार चालू सीजन में जंगलों में आग लगने की अब तक चौदह सौ छब्बीस घटनाए हो चुकी हैं करीब अटठारह सौ सत्तर हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ है मुख्य वन संरक्षक पीके सिंह का कहना है कि गढवाल मंडल के मुकाबले कुमाऊं के तराई क्षेत्र वनाग्नि से ज्यादा प्रभावित हुआ है केदारनाथ क्षेत्र में भी क्छ घटनाएं सामने आई हैं उनका कहना है कि आग लगाने में स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं

वन्य जीवों के भी मारे जाने की आशंका है जंगलों में कई छोटे पानी के स्रोत सुख गए हैं और वन विभाग को लाखों का नुकसान हो चुका है जंगलों में लगी आग से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है आसमान में धुए का गुबार बनने से विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है आग के कारण सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं भी हो रही है उधर टिहरी में भी आग वनाग्नि से चारों और ध्वंध छा गयी है वन कर्मियों के साथ ही ग्रामीण भी आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन चीड़ की पत्तियां भारी मात्रा में होने के कारण आग पर काबू पानी बड़ी चुनौती बन गया है वन विभाग की मदद के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीमें गठित की हैं जिसमें तहसीलदार पटवारी ग्राम प्रहरी और प्रधान को भी शामिल किया गया है मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और सम्बन्धित अधिकारियों को मानसुन आने से पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिये हैं मॉनसून से संबंधित तैयारियों को लेकर हुई एक बैठक में उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए रिस्पॉन्स टाईम को लगातार कम करने के प्रयास पर जोर दिया उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान ज्यादातर बन्द होने वाले मार्गों को चिन्हित कर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाए कर ली जाए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर सड़कों के बन्द होने और खुलने की जानकारी लगातार अपडेट करने के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने सभी संवेदनशील स्थानों पर मैनपावर और मशीनरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति में आसपास के क्षेत्रों में गेस्ट हाउस टेन्ट खाद्य सामग्री आदि के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

साथ ही सफाई के कार्यक्रम को प्रतिस्पर्धा के रूप में अंकन किया जाएगा उत्कृष्ट सफाई करने वाले जनपद को प्रस्कृत किया जाएगा

अभियान को रोचक बनाने के लिए अंक दिये जाएगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन जिलों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित भी करेंगे उन्होंने बताया कि सफाई अभियान में सभी अधिकारी स्वयं सहायता समूह स्कूली छात्र छात्राएं पुलिस और प्रशासन वन विभाग भी प्रतिभाग करेंगे

बदरीनाथ धाम में हर रोज हजारों श्रद्वाल् पहंच रहे हैं

बद्रीनाथ धाम में इस बार जिला प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं भी की गई है तीर्थयात्रियों के लिए स्थानीय उत्पाद से खास पंचबद्री प्रसादम् तैयार किया गया है तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम में ही पांचों बद्री धामों का पुण्य प्रसाद मिल सके इसके लिए पंचबद्री प्रसाद का अलग से स्टॉल लगाया गया है इस प्रसाद में चौलाई के लड्ड गुलाब जल बद्रीश तुलसी धूप और सरस्वती जल को रखा गया है जिसे कागज के गत्ते से बने डिब्बों में पैक करके जूट से बने प्रसाद बैग के साथ तीर्थयात्रियों को बेचा जा रहा है प्रशासन की यह पहल श्रद्वालुओं को बेहद पसंद आ रही है

बद्रीनाथ धाम में पॉलीथिन पर प्री तरह से प्रतिबंध लगाया गया है स्नानघाटों पर साबून से नहाने पर भी रोक है उधर अन्य धामों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

धन सिंह रावत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों उनके संचालन और प्रबन्धन में पूरी पारदर्शिता लाने के साथ ही उच्च शिक्षा की गृणवत्ता में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है श्री रावत ने विधानभवन में अशासकीय महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में सभी राज्य वित्त पोषित अशासकीय महाविद्यालयों में पारदर्शिता लाने और उनके संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए गुणवत्ता में सुधार लाने पर चर्चा की गयी उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से कराया जाएगा रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि महिलाओं के लिए माहवारी बीमारी या शर्म नहीं बल्कि गर्व का विषय है कल अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यमंत्री ने कहा कि माहवारी एक सहज सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो महिलाओं को संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कर मातत्व सुख प्रदान करती है उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज भी कई विकासशील देशों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को हेय की दुष्टि से देखा जाता है बालिकाएं अक्सर इसी कारण से स्कूल छोड़ देती है या इस दौरान स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं महिलाओं को अनेक जल स्रोतों मंदिर समारोह आदि में जाने पर प्रतिबंध रहता है इससे महिलाओं में नकरात्मक भावना उजागर होती है साथ ही महिलाएं शर्म के कारण सैनिट्री पैड नहीं मंगवा पाती और गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं जिससे गर्भाशय कैंसर जैसे भयंकर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है श्रीमती आर्य ने कहा कि माहवारी की वजह से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध किया जाना चाहिए उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपील की कि अपने घर गांव समाज में ऐसा वातावरण बनाएं कि महिलाएं खुलकर माहवारी के विषय में बातचीत कर सकें कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने किशोरियों और महिलाओं को निशुल्क स्वच्छता किट वितरित किये गए संक्षिप्त समाचार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी से अनुरोध किया जाए कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बने रहें तथा इस चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करें इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किशोर उपाध्याय गोविन्द सिंह कुंजवाल आदि उपस्थित थे